मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बैठक की अध्यक्षता करेंगे इस बैठक में राज्यपाल के ड्रीम प्रोजेक्ट शून्य लागत खेती पर चर्चा हो सकती है साथ ही विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की मंजूरी भी दी जा सकती है इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी किये जा सकते हैं वन स्टॉप सेंटर्स केंद्र सरकार ने हिंसा पीड़ित महिलाओं की तत्काल मदद के लिए हिमाचल प्रदेश सहित नौ राज्यों में सौ अतिरिक्त वन स्टॉप सेंटर्स स्थापित करने की मंजूरी दे दी है इन केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य हिंसा पीड़ित महिलाओं को पुलिस की मदद चिकित्सा सहायता मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परामर्श तथा कानूनी सहायता जैसी सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना है

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज भी घने बादल छाए हुए हैं हालांकि जनजातीय जिले लाहुल स्पिति और किन्नौर सहित कुल्लू व चम्बा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात से ठंड बढ़ गई है वहीं निचले क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी है कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार देर शाम से बारिश और बर्फबारी के साथ कुछ क्षेत्रों में हल्की ओलावृष्टि भी हुई है इस बीच मौसम विभाग ने आज मध्यम उंचाई वाले कुछ स्थानों पर अंधड़ के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है जबकि अन्य स्थानों पर वर्षा व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना जताई है

धर्मशाला से बोर्ड के एक प्रवक्ता के अनुसार अंक सुधार के इच्छ्क विद्यार्थी भी निर्धारित तिथि तक आवेदन भेज सकते हैं बाद में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा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 मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है किसानों को किराए पर ट्रैक्टर खेती की बेहतरी के लिये प्रदेश में कस्टम हायरिंग सेंटर्ज खोलने का ऐलान आपका फैसला का शीर्षक है कृषि के क्षेत्र में होगा बड़ा बदलाव

दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है आंधी व तूफान के साथ होगी बारिश पूर्वानुमान को देखते हुए हिमाचल में हाई अलर्ट दैनिक भास्कर लिखता है हिमाचल समेत आठ राज्यों में आज तेज हवाओं के साथ आ सकता है तूफान दैनिक जागरण लिखता है बिगड़ा मौसम छह जिलों में अलर्ट शिमला मंडी कुल्लू चम्बा सोलन और सिरमौर में तूफान की आशंका बद्दी में हुई हत्या की खबर को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से उठाया है अमर उजाला का शीर्षक है पूर्व विधायक के चचेरे भाई को पीटने के बाद गाड़ी से कुचलकर मार डाला हिमाचल दस्तक की सुर्खी है बद्दी में पूर्व विधायक के चचेरे भाई की हत्या दैनिक भास्कर लिखता है दून के पूर्व विधायक का चचेरा भाई जमीन पर कर रहा था कब्जा पहले हमला फिर कुचल कर हत्या इसी घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बयान को अजीत समाचार लिखता है हिमाचल को अशांत बनाने की कोशिश प्रदेश में हत्याओं की घटना बढ़ी वहीं आज होने वाली हिमाचल कैबिनेट की बैठक पर दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है जयराम मंत्रिमण्डल आज करेगा शून्य लागत खेती पर मंथन अजीत समाचार का शीर्षक है मंत्रिमण्डल की बैठक आज राज्यपाल के ड्रीम प्रोजेक्ट पर हो सकती है चर्चा नई इंडस्ट्री लगाने पर दस साल तक मिलेगी स्टेट जीएसटी में छूट शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है हिमाचल में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिये तैयार किया गया प्रस्ताव

अब स्कूलों को छात्र संख्या के आधार पर मिलेगा बजट शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है केन्द्र सरकार ने हिमाचल शिक्षा विभाग को बजट के लिये नया प्रारूप बनाने के दिये निर्देश अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय यह कैसी कार्यसंस्कृति में लिखता है कि चिकित्सा अधिकारियों का ड्यूटी से गायब रहना सवाल खड़े करता है इसके लिये सरकारी स्तर पर त्वरित कदम उठाने चाहिये ताकि इस तरह की लापरवाही सामने न आए कसौली के एक होटल मालिक द्वारा सहायक नगर नियोजन अधिकारी की गोली मारकर हत्या के मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए आपका फैसला ने अपने सम्पादकीय में लिखा है कि प्रशासन से लेकर नेता तक सबकुछ देखते हुए भी अंधे बने रहे जिसका दुखद परिणाम अब सामने आया समय रहते प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो आज ऐसी घटना न होती